दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनाव गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहे है रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमो में भाग लेंगी

भाजपा नेताओं ने खुले वाहन में कड़ी सुरक्षा के बीच रात लगभग नौ बजे पीरगेट से रोड शो शुरू किया साढ़े चार किलोमीटर लंबा रोड शो प्राने भोपाल के नादरा बस स्टेण्ड पर समाप्त हुआ कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल प्रदेश के भिंड मुरैना और ग्वालियर में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने न्याय योजना का जिक करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों यूवाओं और शहीदों के परिवारों के खातों में सीधे धनराशि भेजना चाहती है उन्होंने मोदी सरकार पर पिछले पांच वर्ष के दौरान किसानों और युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया वहीं कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल रोड शो किया भाजपा दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी ने कल भोपाल संसदीय सीट के लिए अपना विजन डाक्यूमेण्ट संकल्प पत्र के नाम से जारी किया इसका विमोचन प्रदेश मुख्यालय में भाजपा उम्मीद्वार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र ने किया इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर विनय सहस्त्रबुद्दे मौजूदा सांसद आलोक संजर सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे संकल्प पत्र में किसान कल्याण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा डिजिटल कनेक्टिविटी का जिक है इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्ट अप के जरिए रोजगार बढ़ाने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर देने की बात कही गई है उधर कांग्रेस ने भाजपा के दृष्टिपत्र पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें भोपाल के विकास को लेकर कोई दूरदृष्टि नहीं हैं

यह राशि राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों को देने के लिए राज्य शासन ने जिलों को आवंटित कर दी कृषि विभाग द्वारा उन जिलों को यह राशि जारी की गई है जहाँ लोकसभा चुनाव मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है

अपर कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बैनर पोस्टर रैली और रात्रि चौपाल आयोजित किये जा रहे हैं विभिन्न संस्थाओं से मिलकर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनाई गई है जिनमें सीटी बस में महिला मतदाताओं को मुफ्त यात्रा भी शामिल है वहीं गुना में आज बाईक रैली का आयोजन किया जायेगा जिसकी थीम मतदान के ऊपर रखी गई है रायसेन में भी पोस्टर और अन्य गतिविधियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है

लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक बीना छात्रावास के अधीक्षक से कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही और वेतनवृद्धि के लिए अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए विदिशा भोपाल और राजगढ़ लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुद्दों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात विशाखापत्तनम में हए एलिमिनेटर मुकाबले में डेल्ही कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दो विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में प्रवेश कर लिया

डेल्ही कैपिटल्स अब आईपीएल के फाइनल में पहली बार जगह बनाने के लिए कल दूसरे क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल में मुम्बई इंडियंस से होगा फाइनल रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा मौसम प्रदेश के मौसम में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने हवा में नमी की कमी और तेज हवायें नहीं चलने से वातावरण गर्म बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार ओड़िशा में आये चकवाती तूफान के बाद अब गर्मी धीरे धीरे और बढ़ने लगेगी प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खजुराहो और ग्वालियर में चवालीस डिग्री सेल्सियस रहा

इसके अलावा जबलपुर होशंगाबाद रीवा सीधी रायसेन और दमोह में बयालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रहा

जिला कलेक्टर आज सिरमौर से अभियान की शुरूआत करेंगे